प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर ईवीएम मशीनों से की गयी मतगणना के परिणामों की प्रेक्षक और रिर्टनिग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर घोषणा की जाएगी इसके साथ ही घोषणा को मतगणना कक्ष में स्थापित डिस्पले बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और राउण्डवार रिजल्ट शीट भी अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता को दी जाएगी प्रदेश की सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां तेजी से जारी है सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सभी आठ विधानसभा सीटों की मतगणना सागर के शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में होगी

आगरमालवा जिले के आगर और सुसनेर विधानसभा निर्वाचन की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में होगी परिणामों की जानकारी आमजनों को देने के उद्देश्य से नगर के तीन स्थानों पर एलसीडी स्क्रीन लगाई जायेगी जिस पर प्रत्येक राउण्ड के परिणाम दिखाई देगें

पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता ने कल भोपाल में एक बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह दावा किया

उधर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें मतगणना के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने और मतदान केंद्रों में गिनती समाप्त होने तक रुकने को कहा

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का आखिरी सत्र होगा इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की है कल ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक आयोजित की है लोकसभा में भी कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी

लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने कल इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यहां आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत संभाग स्तर पर साहित्यिक सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा से संबंधित प्रतियोगिता होंगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बालरंग में इस बार बालरंग के आयोजन के लिए बेहतर व्यवस्थायें की जा रही हैं

तीन दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान विद्यार्थियों का जहां शैक्षणिक मूल्यांकन किया जाएगा वहीं विद्यालय के वार्षिकोत्सव के रुप में पालकों और अभिभावकों की उपस्थिति में विशेष बालसभा भी आयोजित की जायेगी इस अवसर पर बच्चों की सांस्कृतिक खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों को भी आयोजित किया जाएगा